मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज में हैप्टोलॉजी और गैसट्रैंटोलॉजी के दो विभाग जल्द ही स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि कॉलेज में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसे देश के प्रमुख मैडिकल कॉलेजों में शामिल किया जा सके जयराम ठाक्र ने कहा कि मैडिकल विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए मंडी के नेरचौक में मैडिकल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का डेढ वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इस दौरान प्रत्येक क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हुआ है पदभार रविशंकर प्रसाद ने आज कानून और न्याय मंत्री का पदभार संभाला बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्याय वितरण में कानूनी पहंच कानूनी सहायता और बुनियादी ढांचा तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रोद्योगिकी की मदद से कानूनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला और बाल विकास मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्री और रेणुका सिंह ने जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला इस बीच राव इन्द्रजीत सिंह ने केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है उनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा

उन्होंने यह भी बताया कि समग्र प्रगति और सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान दिया जायेगा ग्रीष्मोत्सव शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर शुरू हुआ

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं के लिए अनेक महत्वकांक्षी कार्यक्रम व योजनाएं लागू की जा रही हैं उन्होंने कहा कि महानाटी के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे बागवानी मण्डी जिला में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करीब पौने चार करोड़ रूपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है इस संबंध में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने विभाग को फलों की पैदावार बढ़ाने और किसानों के लिए कारगर उपाय अपनाने के लिए सभी पहलुओं पर समुचित ध्यान देने को कहा है उन्होंने कहा कि करीब पौने चार करोड़ रूपए से सोलर बाड़बंदी सिंचाई टैंक निर्माण उन्नत किस्मों का पौधा रोपण और सूक्ष्म सिंचाई के विकास सहित अन्य गतिविधियां चलाई जाएंगी

आग प्रदेश में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले के एक दर्जन से अधिक जंगलों में आग लगने से लाखों की वन सम्पदा नष्ट हो रही है और पश् पक्षी भी आग की भेंट चढ़ रहे हैं